इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे सरकार स्मारक केन्द्र सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए आज से केन्द्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल खोलने का फैसला किया है केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों की साफ सफाई सुरक्षित दूरी बनाये रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा राज्य और जिला प्रशासन के विशेष निर्देश भी सख्ती से लागू किए जाएंगे

अभियान केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल दिल्ली से वेबिनार के माध्यम से पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया के विजयी भारत अभियान का श्भारंभ किया सोसायटी के शिमला चैप्टर के महासचिव रणवीर वर्मा ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ने कोरोना बचाव को लेकर सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को सराहा इस दौरान शिमला चैप्टर के सदस्यों ने ऑनलाइन चर्चा में हिस्सा लिया सीबीएसई परीक्षण कार्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसब्क के साथ भागीदारी की है सी बी एस ई से सम्बद्ध स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त से नवम्बर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा

प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी इस कार्यक्रम में दस हजार शिक्षक और दस हजार छात्र शामिल हैं

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दस अगस्त से और छात्रों का प्रशिक्षण छह अगस्त से शुरू होगा सफल प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं ऊना के सैनिक की कोलकाता में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत

पंजाब केसरी की सुर्खी है पर्यटक मनाली आने को तैयार असमंजस बरकरार कारोबारियों को कारोबार चलने की उम्मीद

दिसम्बर के अंत तक होंगे पंचायत चुनाव दिव्य हिमाचल की खबर है मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है दशकों बाद लाहौल में जुलाई में बर्फबारी भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा दैनिक भास्कर की सुर्खी है तेज बारिश और आंधी से चार जिलों में कई घरों की बत्ती रही गुल आज भी मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना आपका फैसला का शीर्षक है बारिश तूफान ने बरपाया कहर घरों की छतें उड़ीं